करीब तेरह हजार सात सौ सकिय मरीज इलाजरत

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है

वहीं विगत बजट सत्र से लेकर मॉनसून सत्र की अवधि में निधन होने वाले विभिन्न राजनेत कलाकार लेखक समाजसेवी बुद्धिजीवी और आम नागरिकों को श्रद्दांजलि देने के बाद सभा की कार्यवाही सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही शुरु होने पर अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि कोरोनो से निबटने के लिए लॉकडाउन या तालाबंदी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा इस महामारी का एकमात्र तार्किक उपाय बताया गया और मानव सभ्यता के इतिहास में इस महामारी का प्रभाव इतना व्यापक है कि इसे कोरोना काल की संज्ञा दी गई वहीं कार्यमंत्रणा समिति में मुख्यमत्री हेमंत सोरेन संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भाजपा के सीपी सिंह आजसू पार्टी के सुरेश महतो निर्दलीय सरयू राय को सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मंत्री चंपई सोरेन रामेश्वर उरांव जेएमएम के स्टीफन मरांडी नलिन सोरेन लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक प्रदीप यादव बीजेपी की अपर्णासेन गुप्ता भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह और कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह का मनोनयन किया गया इस समिति के विधानसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहेंगे

मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्युदर में भी कर्मी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढोतरी हुई है इस समय देश में इस संक्रमण से मृतकों की दर एक दशमलव छह दो प्रतिशत रह गई है

अब तक सड़सठ हजार एक सौ मामले आ चुके हैं जिसमें बावन हजार आठ सौ सात रोगी स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तेरह हजार सात सौ तीन संक्रमित लोगों का विभिन्न कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज जारी है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

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से रिम्स में डॉक्टर और नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स के प्रभारी निदेशक राज्य के स्वास्थ्य सचिव को एक अक्टूबर को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया हैं

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के निर्माण के बाद कनेक्टिविटी और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गए हैं

इस परियोजना को कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इसमें प्रवासी मजदूरों ने काम किया

चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित किसान भवन में कल शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिवस ध्रमधाम से मनाया मौके पर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने सभी कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में केक काटा और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएँ दी उन्नत कृषि के साथ साथ किसानों की आय बढाने की दिशा में केंद्र सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रेलवे ने कुछ पहल की है जिसमें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चयनित रेल मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों को चलाना और कैपिटल फंडिंग के अंतर को मिटाने के साथ साथ आध्निक रेक भी शामिल किया जाना है

इसमें चौकीदार स्व रामहरि उरांव के पुत्र अशोक उरांव और स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की पत्नी शिलवंती देवी को नियुक्ति पत्र दिया गया

इस महिला श्रद्वालु सहित सभी को स्थानीय युवकों ने बचाया घटना के संबंध में हमारे संवाददात ने बताया कि गोला की तरफ से रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में जाने के लिए महिला श्रद्धालुओं का यह जत्था भैरवी नदी के ऊपर बने छिलका पुल को पार कर रहा था तभी यह घटना घटी बीते रात से इस क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से भैरवी नदी उफान पर थीं जिससे उसका पानी छिलका पुल के ऊपर से बह रहा था जब यह घटना घटी

परिचर्चा में सरकार रोजगार व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा की

इस मामले में पुलिस ने तीन दिन के भीतर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है

बुंडू थाना क्षेत्र के नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी घटना के बाद ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया